नई दिल्ली के इंदिरा पर्यावरण भवन में कल आर्योजित राज्यों के वन मंत्रियों की बैठक में श्री विश्नोई ने कहा कि राजस्थान में वनों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राज्य सरकार कई स्तरों पर काम कर रही है

नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने कहा है कि एयर इंडिया का निजीकरण जल्द से जल्द किया जाएगा और अच्छा सौदा होने की उम्मीद है उन्होंने कहा कि सरकार एयर इंडिया के निजीकरण के लिए प्रतिबद्ध है श्री पुरी ने इससे पहले एविएशन जॉब पोर्टल की भी शुरूआत की वेब आधारित यह पोर्टल इस क्षेत्र में नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच संपर्क मंच होगा भारत ने अपने आंतरिक मामलों पर पाकिस्तान के नेताओं के गैर जिम्मेदराना बयानों की कड़ी निंदा की है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किये राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति ने पहलवान बजरंग पूनिया और पैरा एथलीट दीपा मलिक को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया दीपा मलिक ने कहा कि सर्वोच्च खेल सम्मान प्राप्त करने पर उन्हें खेल के क्षेत्र में और बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिली है

आईपीएस अधिकारी अपर्णा कुमार को लैंड एडवेंचर वर्ग में तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया

श्री जावड़ेकर कल नई दिल्ली में सतत विकास और पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के बारे में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र को मजबूत करने की जरूरत है प्रदेश मंत्रीमंडल की बैठक अब हर बुधवार को आयोजित होगी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार के कामकाज में तेजी लाने के लिये ये कदम उठाने का फैसला किया अब प्रदेश के सभी मंत्रियों को बुधवार को जयपुर में उपस्थित रहना होगा गौरतलब है कि चुनावी घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिये सरकार मंत्रीमंडल की बैठकें नियमित करना चाहती है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि बाड़मेर जिले के पचपदरा में इंटिग्रेटेड इंडस्ट्रियल कॉम्पलेक्स जल्दी ही शुरू किया जाएगा कल बाड़मेर जिले के मंगला प्रोसेसिंग टर्भिनल के दस साल पूरे होने के मौके पर आयोजित समारोह में श्री गहलोत ने कहा कि इस कॉम्पलेक्स के बनने से क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार की कमी नहीं रहेगी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि गौवंश का संरक्षण एवं संवर्धन सरकार की प्राथमिकता है श्री गहलोत कल बाड़मेर में नंदी गौशाला का लोकार्पण करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे बजट घोषणा के बाद पंचायत समिति स्तर पर यह पहली नंदी गौशाला है इसके लिए सरकार ने भूमि का आवंटन किया है श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने पंचायत समितिं स्तर पर नंदी गौशाला बनाने का फैसला किया है

खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने बूंदी जिले के बल्लोप के पास कोटा परिवहन विभाग के अधिकारी को द्रकों से अवैंध वसूली करते हुए रंगे हाथों पकडा मंत्री की शिकायत पर परिवहन उप निरीक्षक चन्द्रशेखर शर्मा को तत्काल निलंबित कर दिया गया

प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हो रही बारिश से बांधों में पानी का आना जारी है झालावाड जिले में आज सुबह से हल्की बरसात का दौर शुरू हो गया है पाली जिले में कल देर शाम झमाझम बारिश हुई